हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्य देव नारायण आर्य ने झज्जर जिला बाल कल्याण परिषद की उल्लेखनीय बाल कल्याण गतिविधियों के लिये उन्हें सम्मानित किया हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस के अवसर पर बधाई देते हए उनसे संविधान में निहित आर्दशो और मुल्यों का अनुसरण करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कहा कि जब हम उम्मीद के स्थान पर स्वीकार करते है और रद्द करने के सथान पर विचार करते है तो संचार ज्यादा प्रभावशाली होता है

उन्होंने कहा कि वह इस कार्यक्रम के जरिये जितना भी सम्भव हो सका है य्वाओं की उपलब्धियों के बारे में अपने विचार सांझा करते रहे है ये कहते हऐ कि रेडियो संचार का सबसे प्रभावशाली माध्यम है श्री मोदी ने कहा कि संचार की पहंच और गहराई के दृष्टिकोण से रेडियो अत्ल्य है

श्री मोदी ने कहा कि आकाशवाणी द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण मे बताया कि ज्यादा लोगों का विश्वास है कि मन की बात कार्यक्रम की वजह से समाज में सकारात्मकता की भावना बढ़ी है

झज्जर जिला बाल कल्याण परिषद की अध्यक्ष एवं उपाय्क्त सोनल गोयल की ओर से अतिरिक्त उपाय्क्त सारवान ने यह सम्मान प्राप्त किया

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस के अवसर पर बधाई दी और उनसे संविधान में निहित आदर्शों और मूल्यों का अन्सरण करने का आग्रह किया

संविधान के निर्माता डा॰ भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने अपना समस्त जीवन सामाजिक असमानता को समाप्त करने और वंचित समूह को एक समान अवसर प्रदान करके मुख्य धारा में लाने के लिए समर्पित किया म्ख्यमंत्री ने कहा कि डा॰ अम्बेडकर का समस्त जीवन गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने को समर्पित था उन्होंने कहा कि संविधान दिवस पर हम उन महान महिलाओं और प्रुषों जिन्होंने देश को अपनी सम्प्रभुता के लिए संविधान दिया को भी नमन करते हैं

वांशिगटन द्रतावास में पासपोर्ट सेवा परियोजना की शुरूआत करने के बाद वे लोगों को सम्बोधित कर रहे है

इनेलो का प्रत्याशी चश्मे के निशान पर च्नाव लड़ेगा हालांकि पार्षद पद पर इनेलो समर्थित उम्मीदवार मैदान में होंगे